कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया कि किसान की आय द्गुनी करने संबंधी अंतर मंत्रालय समिति ने पिछले वर्ष सितम्बर में सरकार को सिफारिश सौंपी थी श्री तोमर ने बताया कि समिति ने कृषि हाट सुधारों किसानों को उपज के बेहतर कीमत दिलाने उनके लिए खाद बीज वगैरह किफायती दरों पर मुहैया कराने सिचाई प्रबंधन और जोखिम से निपटने जैसे उपायों पर जोर दिया है

आज भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी इस अभियान में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भाग लेंगे बैठक में प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से संसद में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने और चर्चा में सकियता से हिस्सा लेने के साथ हर बूथ पर पांच पेड़ लगाने के पंचवटी पहल के जरिये पार्टी को बूथ स्तर पर और मजबूत बनाने को कहा

बाल सभाओं में स्कूलों में नामांकन बढाने के प्रयासों पर चर्चा हई इस दौरान बोर्ड परीक्षा के मेधावी बालक बालिकाओं को सम्मानित करने के साथ ही राजीव गाँधी कैरियर पोर्टल के जरिए बच्चों को कैरियर गाइडेंस भी दी गई जयपुर जिले के अमरसर में सामुदायिक बाल सभा में शिरकत करते हुए शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग में किये जा रहे नवाचारों के बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का नारा है कि पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढाओं और वृक्ष लगाओं इसमें शिक्षा विभाग एक ओर नारा जोड रहा है वो है सरकारी स्कूलों में नामांकन बढाओ

उधर पाली जिले में आज बालसभाओं में चिकित्सा विभाग की ओर से खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की भी जानकारी दी गई नागौर में बालसभा में भामाशाहों का सम्मान भी किया गया सवाईमाधोपुर जिले में भी सभी ग्राम पंचायतों में बाल सभाओं का आयोजन हुआ रावल गांव में आयोजित सामुदायिक बाल सभा में जिला कलेक्टर डॉ एस पी सिंह ने प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया

बाड़मेर जिले में बालसभा के बाद पौधारोपण कार्यक्रम हुआ जालौर जिले में आध्रनिक शिक्षा से मदरसों को जोड़ने के लिए प्रवेश अभियान चलाया जा रहा है

कल रात और आज दिन में भट्टा बस्ती इलाके में उपद्रवियों द्वारा पथराव किया गया जिसमें एक दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गये

पीड़ित बालिका का उपचार जेके लोन अस्पताल में किया जा रहा है जहां उसकी स्थिति सामान्य है सरकारी मुख्य सचेतक महेष जोषी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अस्पताल पहुंचकर पीडिता से मुलाकात की इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हए श्री खाचरियावास ने कहा कि बालिका का स्वास्थ्य ठीक है उसका उपचार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

जयपुर में सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना की मौजूदगी में राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नंदलाल वैष्णव ने व्यवस्थापकों के आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की श्री आंजना ने बताया कि सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की जायज पांच मांगों के संबंध में उचित निर्णय लिया गया है तथा जल्दी ही इनके बारे में आदेश जारी किए जाएंगे

नोखा क्षेत्र की पांचू पंचायत समिति के उपचुनाव में भाजपा को जीत हासिल हुई वहीं जैसलमेर जिले में दो ब्लाकों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत हासिल की ै डूंगरपुर जिले में बिडीवाडा पंचायत समिति की छापी और झोथरी पंचायत समिति की पाडली गूजरेश्वर सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है

इस बीच प्रदेश में अब तक प्री मानसून की सामान्य बारिश हो चुकी है मौसम विभाग के अनुसार मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती जा रही है और आगामी दो तीन दिनों में राज्य के पूर्वी हिस्से से मानसून प्रवेश कर सकता है

विभाग के अनुसार चार जुलाई तक एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है

टिड्डी नियंत्रण दलों और संबंधित विभागों की ओर से कीटनाशकों के छिड़काव की व्यवस्था की गई है टिड्डी नियंत्रण को लेकर जल्दी ही भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की बैठक भी होगी